फ्रांस के यूरोप और विदेशी मामलों के मंत्रालय के अनुसार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस हमेशा भारत के साथ रहा है और हमेशा उसके साथ रहेगा फ्रांस के गृह वित्त और विदेश मंत्रालयों की संयुक्त विज्ञप्ति के अनुसार फ्रांस अपने यूरोपीय सहयोगियों के सामने यह मुद्दा उठायेगा और मसूद अजहर का नाम आतंकी गतिविधियों में लगे लोगों गुटों और संगठनों की यूरोपीय संघ की सूची में शामिल करने को कहेगा बुधवार को सुरक्षा परिषद में अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर चीन के विरोध के बाद फ्रांस ने यह फैसला किया है जैश ए मोहम्मद ने पुलवामा में चौदह फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले का जिम्मा लिया था विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने के प्रस्ताव पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अमूतपूर्व समर्थन मिला है ट्वीट संदेश में श्रीमती स्वराज ने कहा कि इस वर्ष अमरीका फ्रांस और व्रिटेन ने प्रस्ताव रखा था और इसे सुरक्षा परिषद के पन्द्रह में से चौदह देशों ने समर्थन दिया उच्चतम न्यायालय ने आगामी आम चुनावों के नतीजे घोषित करने से पहले हर निर्वाचन क्षेत्र की पचास प्रतिशत इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का मिलान मतदान पृष्टि पर्ची से करने के विपक्षी नेताओं के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग से जवाब देने को कहा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयोग से न्यायालय की सहायता के लिए कोई वरिष्ठ अधिकारी भेजने को कहा है मामले की अगली स्नवाई पचीस मार्च को होगी प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन कड़ाई से किया जा रहा है इसी कम में पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार सामग्रियों को जोरदार अभियान चलाकर सार्वजनिक और निजी स्थानों से हटा दिया गया है प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकेटेश्वर लू ने लखनऊ में यह जानकारी देते हुए बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक जिला प्रशासन द्वारा कुल सात लाख सोलह हजार पांच सौ छब्बीस प्रचार प्रसार से संबंधित अवैध सामग्रियों को हटा दिया गया है इनमें वॉल राइटिंग पोस्टर्स बैनर्स और अन्य प्रचार सामग्रियां शामिल हैं समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिये चार और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है पार्टी की ओर से जारी प्रत्याशियों की चौथी सूची के अनुसार विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह गोण्डा से प्रत्याशी होंगे रामसागर रावत को बाराबंकी स्रक्षित सीट का उम्मीदवार घोषित किया गया है कैराना संसदीय क्षेत्र से तबस्सुम हसन प्रत्याशी होंगी जबकि सम्मल से शफीक्रहमान समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरेंगे इसे लेकर समाजवादी पार्टी प्रदेश के पन्द्रह लोकसभा क्षेत्रों के लिये अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर च्की है कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग से मिलकर पेट्रोल पम्पों और हवाई अड्डों पर प्रधानमंत्री की होर्डिग्स के बारे में शिकायत की पार्टी नेता आर पी एन सिंह के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने चुनाव आचार सहिंता लागू होने के मद्देनजर ऐसी होर्डिग्स को तत्काल हटाए जाने की मांग की है श्री सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया है कि ऐसी किसी भी होर्डिग्स के बारे में आज रात तक रिपोर्ट मांगी गई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात में गांधीनगर के पास ग्राम भारती में आज राष्ट्रीय मूलाधार नवाचार पुरस्कार प्रदान किए प्रदेश के श्रीप्रकाश सिंह रघुवंशी को फसलों की नई किस्मों का पता लगाने के लिए लाइफटाइम प्रस्कार दिया गया पश् चिकित्सा और पश् पक्षियों में आंतों के संक्रमण की हर्बल चिकित्सा खोजने का प्रथम पुरस्कार तमिलनाडु के सेलम से पेरियासामी रामासामी को प्रदान किया गया राष्ट्रपति ने इस अवसर पर नवाचार और उद्यमशीलता प्रदर्शनी फाइन का भी उद्घाटन किया पुरस्कार जीतने वालों को संबेधित करते हुए राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान की सराहना की और कहा कि ग्राम स्तर पर नवाचार में लगे तीन लोग इस वर्ष के पदम प्रस्कारों के लिए चुने गए हैं विश्व उपमोक्ता संरक्षण दिवस आज मनाया जा रहा है इसका उद्देश्य उपमोक्ताओं के संरक्षण और आवश्यकताओं के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करना है इस बार का विषय है भरोसेमंद स्मार्ट वस्तुएं उपभोक्ता संरक्षण का मतलब है कि हर खरीददार या उपभोक्ता को विभिन्न वस्तुओं पदार्थों और सेवाओं की गुणवत्ता मात्रा शुद्धता दाम और मानदंड के बारे में जानने का पूरा अधिकार है